सीडीएस सैन्य मामलों में सरकार के एकल बिंद् सलाहकार के रूप में काम करेंगे और थलसेना वायुसेना तथा नौसेना के बीच बेहतर समन्वय करने पर ध्यान देंगे जनरल रावत आज थलसेना अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत हो गए

सीडीएस सशस्त्र बलों की इस लड़ाकू क्षमताओं में इजाफा करने के मकसद से बनाया गया है जोकि तीनों सेनाओं के कामकाज में सुधार लायेगा जनरल रावत रक्षा मंत्रालय और रक्षा सचिव के मातहत बनाये जाने वाले सैन्य मामलों के प्रभाग के प्रमुख भी होंगे वे तीनों सेनाओं से संबंधित मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे हालांकि तीनों सेना प्रमुख अपने विभागों से संबंधित मामलों पर रक्षामंत्री को सलाह देना जारी रखेंगे इसके साथ भारत अब यूनाइटेड किंगडम कनाडा इटली और स्पेन जैसे देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपने सीडीएस हैं इससे पहले जनरल बिपिन रावत ने सभी सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को सेनाध्यपक्ष के रूप में अपने तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान पूरा सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया जनरल रावत ने आशा व्यक्त की कि नए सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेतृत्व में सेना नई ऊंचाइयां छूएगी सीडीएस बधाई विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किये जाने पर बधाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल रावत को सीडीएस का दायित्व सौंपा जाना उत्तराखण्ड का भी सम्मान है जनरल रावत के सीडी एस बनने से हमारी यह गौरवमय परंपरा भी सम्मानित हुई है उन्होंने कहा कि सीडीएस से तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा साथ ही देश की सुरक्षा व्यवस्था भी और अधिक मजबूत होगी

उन्होंने जनरल बिपिन रावत की जगह ली है सेना प्रमुख का पदभार संभालने से पहले जनरल नरवणे सेना उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे

उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति फील्ड और अत्यधिक संवेदनशील उग्रवाद विरोधी अभियानों में भी हिस्सा लिया सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने से पहले जनरल नरवणे ने सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व किया जो लगभग चार हजार किलोमीटर लंबी भारत चीन का दायित्व संभालती है उन्होंने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के अभियान में भी हिस्सा लिया वे तीन वर्ष तक म्यांमा में भारतीय दूतावास में देश के रक्षा अताशे भी रहे जनरल नरवणे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं जनरल नरवणे को जम्मूर कश्मीर में अपनी बटालियन का प्रभावी नेतृत्व करने के लिए विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया जा चुका है उन्हें नगालैंड में असम राइफल्स के महानिरीक्षक के रूप में सेवाओं के लिए विशिष्ट सेवा पदक भी मिला है वे अति विशिष्ट सेवा पदक से भी अलंकृत किये जा चुके हैं

इससे पहले यह सीमा आज समाप्त हो रही थी पिछले वर्ष सितम्बर में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम आधार को संवैधानिक दृष्टि से वैध बताया था और व्यवस्था दी थी कि आयकर विवरण दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमैट्रिक पहचान अनिवार्य होगी भारतीय रेल भारतीय रेल ने इस साल रेलगाड़ियों में सुरक्षा और समयबद्धता सुनिश्चित करने के अनेक कदम उठाए पटरियों की मरम्मत के लिए योजनाबद्व तरीके से काम करने के कारण इस वर्ष किसी भी रेल दुर्घटना में एक भी यात्री की मृत्यु नहीं हुई भारतीय रेल के अनुसार अगले एक साल में देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर वाई फाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी

इसके अलावा पांच हजार से अधिक स्टेशनों पर मुफ्त वाई फाई की सुविधा उपलब्धं करायी गई है

वहीं देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है जिसे आईआरसीटीसी द्वारा चलाया जा रहा है

चमोली जिले में स्थित औली अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए विश्वभर में मशहूर है इस समय औली के साथ ही जोशीमठ भी पर्यटकों से पूरी तरह पैक हो चुका है वहीं नये साल के शुरुआत में बारिश और बर्फबारी की संभावना ने पर्यटकों में और भी उत्साह भर दिया है हालांकि अधिक संख्या में पर्यटकों के आने के कारण जोशीमठ से औली मोटरमार्ग में जाम की स्थिति बनी हुई है उधर बागेश्वर जिले के कौसानी और पिंडरघाटी क्षेत्र में नए साल का जश्न मनाने के लिए देश विदेश से सैलानी पहुंचे हैं बीते दिनों पिंडरघाटी में जमकर हिमपात हुआ घाटी में अभी तक दो से पांच फीट तक बर्फ जमी हुई है खासकर दिल्ली की हाड़ कंपाती ठंड से यहां आये पर्यटकों को पहाड़ की धूप काफी सकून दे रही है मिनी स्विट्जरलैंड के ज्यादातर होटल लॉज डांक बंगले पयर्टकों से फुल हैं अनाशक्ति आश्रम के दर्शन और हिमालय का दीदार कर सैलानी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं

यहां मां पूर्णागिरि मन्दिर एबटमॉन्ट श्यामलाताल मायावती सहित विभिन्न्न पर्यटक स्थलों पर लोग नये साल के स्वागत के लिए पहुंचे हैं पर्यटन स्थलों पर पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी है नव वर्ष शुभकामनाएं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रदेशवासियों को नववर्ष बधाई और शुभकामनाएं दी हैं नववर्ष की पूर्व संघ्या पर जारी अपने संदेश में राज्यपाल ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए उनसे प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अनुरोध किया है

उन्होंने कामना की कि नया साल सभी के लिए बहुत सारी सफलता और खुशी का साक्षी बने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी है वहीं कुमाऊं मंडल आयुक्त राजीव रौतेला ने नये साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया साल नई उम्मीदों इच्छाओं आशाओं और सम्भावनाओं को तलाशने का एक खुबसूरत मौका है बीते साल के खट्टे मीठे अनुभवों को भूलकर सभी को नये साल का दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए भाजपा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट ने सभी प्रदेशवासियों को नये साल की श्रभकामनाएं दी हैं

प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रहित में नागरिकता संशोधन अधिनियम लायी है अधिनियम को लेकर कांग्रेस लोगों में भ्रम फैला रही है उन्होंने कहा कि घुसपैठियों और शरणार्थियों में अंतर करना पड़ेगा कांग्रेस घुसपैठियों का समर्थन कर रही है उन्होंने कहा कि नागरिक संशोधन अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे अफवाह का भाजपा नये साल में धारदार तरीके से जवाब देगी इस बीच राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ इंदिरा हृदयेश ने भी नव वर्ष पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है उधर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने भी प्रदेशवासियों और राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को नव वर्ष पर शुभकामनाएं दी है मौसम प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है पर्वतीय क्षेत्रों से ज्यादा मैदानों में ठंड पड़ रही है दिन के समय ध्रप खिलने से राहत महसूस हो रही है हालांकि कल से मौसम करवट बदल सकता है नव वर्ष का आगाज बारिश और बर्फबारी के साथ होने की संभावना है मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी चमोली और रुद्रप्रयाग के साथ ही कुमाऊं मंडल के कुछ जिलों में कल से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है राज्य के कुछ स्थानों में तीक्ष्ण शीत दिवस की संभावना है मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून हरिद्वार पौड़ी नैनीताल चंपावत उधमसिंह नगर जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है नृत्य गायन प्रशिक्षण अल्मोड़ा के राजकीय किशोरी सदन बख में एक महीने का थियेटर नृत्य और गायन प्रशिक्षण शुरू हो गया है इस मौके पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियों में रूचि लेनी होगी जिससे उनका सम्पूर्ण विकास हो सके जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न प्रशिक्षुओं द्वारा बच्चों को नृत्य और गायन के अलावा थियेटर की विधाओं में प्रशिक्षित किया जायेगा फरवरी में पूरे प्रदेश की एक प्रतियोगिता आयोजित होगी जिसमे बच्चों को अपनी कला का प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलेगा